प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन क वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दुष्टिकाण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करन के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गये हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं बाइट निवेशक के लिए ये आवश्यक है कि उसे उपयुक्त ईकोसिस्टम मिले इंस्पैक्टर राज से मुक्ति मिले हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े राज्य इनिशेटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं कानूनों में बदलाव हो रहा है गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं राज्यों में ये कॉम्पीटिशन जितना बढ़ेगा हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफार्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे

प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती के मामले में हिमाचल प्रदेश को सिक्किम से सोख लेने की सलाह भी दी उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदश में बहुत संभावनाएं हैं जिनका समुचित इस्तेमाल किया जाना बाकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किये गये एक महत्वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है आज सरकार गरीब के घर स्वा स्यज स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है तो साथ साथ इंवेस्टमेंट और सेल्फर इंप्लायमेंट पर भी बल दे रही है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कल साय केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सरकार दस हजार करोड़ रुपये वकल्पिक निवेश कोष में उपलब्ध कराएगी

ऑलटर्नेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नेचर में सरकार के दस हजार करोड शुरूआत में हम डाल रहे हैं एसबीआई और एलआईसी भी पैसे इसमें डालेंगे

इस फंड के द्वारा एक एस्क्रो अकांउट में पैसा डाल करके रेरा में रजिस्टर्ड जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोफेशनल्स अप्रोच के तहत वी गेट फंडेड विद द लास्टर फिनिशिंग स्टोज तक

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म छोटे और मझौले उद्यमों को बढ़ावा देन के लिए राज्य में एक्सप्रेस वे के पास विशेष औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है

इनमें से आधी जमीन आरक्षित होगी और इसे मुफ्त में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयों को मुहैया कराया जायेगा

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि जनता को हर हाल में न्यूनतम दर पर प्याज उपलब्ध कराना संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन्होंने प्रदेश में प्याज की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अन्य प्रदेशों स प्याज आयात करने की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के लिये कहा है श्री तिवारी ने कहा कि राज्य में प्याज के स्टाक का सत्यापन कराकर जमाखोरी पर अंकुश लगाया जाये उन्होंने इस बारे में प्रतिदिन की कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल सांय नमामि गंगे परियोजना और प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजना के अन्तर्गत कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जल शक्ति विभाग को जल निगम के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण पाइप पेय जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की ग्रामीण पाइप परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पाइप पेयजल परियोजनाओं द्वारा सभी बस्तियों में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य है अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी तिथि पर आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई इस समय परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पडा है एक रिपोर्ट अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा इस समय चरमोत्कर्ष पर हिलोरें ले रहा है देवोत्थानी हरि प्रबोधनी एकादशी लगते ही देश विदेश से आये श्रद्धालुओ ने पावन सलिला सरयू में स्नान कर मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा उठाई और फिर क्या था ढोल मजीरों की गूँज साध्र संतों के भजन महिलाओं के अवधी गायन अबोध बच्चों से लेकर अति वृद्धों तक का मनोबल अड्डारह किलोमीटर लम्बे परिक्रमा मार्ग पर आस्था श्रद्धा और भक्ति के वातावरण का सन्देश बन गया है राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या आगामी छब्बीस नवम्बर को संविधान दिवस पर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा यह सत्र पूर्वान्ह ग्यारह बजे से आहूत किया गया है विधानमंडल से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विधानसभा मंडप में विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का निश्चय किया गया है

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा आज नई दिल्ली में एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े कैमरों की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने लगा है और दूरदर्शन भी इस नइ मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है प्रदेश सरकार ने सात पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी का ठीक से निर्वाहन न करने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया है यह निर्णय राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अन्तर्गत लिया गया है आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह सभी सात अधिकारी प्रान्तीय पुलिस सेवा से हैं और इनकी आयु पचास वर्ष से ऊपर है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर शासन ने यह निर्णय पुलिस सेवा को बेहतर और प्रभावी बनाने के मद्देनजर लिया है यह अधिकारी अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहे थे और इनके खिलाफ कई जांचे लम्बित है प्रदेश सरकार पिछले दो वर्षो में दो सौ से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का अनिवार्य सेवानिवृत्त कर चुकी है दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है जिससे प्रदूषण झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है

दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की फुहार भी पड़ी जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ उधर उत्तर प्रदेश में भी वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आई है अधिकांश जगहों पर दिन में धूप खिली रही और मौसम साफ रहने तथा हल्की हवा के चलते वायु गुणवत्ता बेहतर रही केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमश पाखरियाल निशंक और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज नई दिल्ली में गुरू नानक देव से संबंधित तीन पुस्तकों का विमोचन किया गुरू नानक बानी नानक बानी और साखियां गुरू नानक देव नामक पंजाबी भाषा की इन पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है

इस अवसर पर हरसिमरत कौर ने कहा कि गुरू नानक देव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं